प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया कल से शुरू पच्चीस मार्च तक भरे जा सकेंगे नामांकन राज्य में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज जारी की जायेगी अधिसूचना आठ जिलों में अट्ठारह अप्रैल को होगा मतदान

गोवा के मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का पार्थिव शरीर कल पंचतत्व में विलीन कर दिया गया उनका अन्तिम संस्कार पणजी के निकट मीरामार बीच पर पूरे राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ किया गया इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और अन्य गण्यमान्य लोग उपस्थित थे तिरसठ वर्षीय श्री पर्रिकर ने परसों पणजी के निकट अपने आवास पर अन्तिम सांस ली हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मनोहर पर्रिकर एक वर्ष से अधिक समय से अग्नाशय की तकलीफ से जूझ रहे थे श्री पर्रिकर की अन्तिम यात्रा कला अकादमी परिसर से शुरू होकर मिरामार तक गई इसमें बड़ी संख्या में लोग ने उन्हें अश्रपूर्ण विदाई दी श्री पर्रिकर का पार्थिव शरीर दर्शनार्थ पणजी में कला अकादमी और भाजपा मुख्यालय में रखा गया था श्री पर्रिकर को गोवा के चहुमुखी विकास खासकर शिक्षा और ढांचागत विकास के लिए सदैव याद किया जाएगा आधुनिक गोवा और देशकी सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण तथा पूर्व सैनिकों के जीवन में सुधार लाने की दिशा में उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता उन्हें लोग प्यार से आम आदमी का मुख्यमंत्री कहकर बुलाते थे

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी सुरेश प्रमु निर्मला सीतारमण स्मृति इरानी तथा श्रीपद नायक महराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस और कई अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने दिवंगत नेता को श्रद्वांजलि दी है प्रदेश में लोक सभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन की प्रकिया कल से शुरू हो गयी है कल किसी भी संसदीय सीट के लिए नामांकन नहीं भरे गये हालांकि प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र लिये गये इस चरण में प्रदेश के आठ संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में ग्यारह अप्रैल को मतदान होगा प्रदेश में ग्यारह अप्रैल से उन्नीस मई के बीच सात चरणों में चुनाव कराये जायेंगे और जानकारी हमारे लखनऊ संवाददाता से प्रदेश के पश्चिमी इलाके की आठ सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गयी है जिसमें सहारनपुर कैराना मुजफ्फरनगर बागपत गाजियाबाद मेरठ बिजनौर और गौतम बुद्ध नगर सीट शामिल हैं

होली के अवकाश और दो अन्य छुट्टियां की वजह से प्रत्यााशियों के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए सिर्फ चार दिन ही उपलब्ध होंगे

वस्तु और सेवा कर जी एस टी परिषद की आज नई दिल्ली में बैठक होगी वित्त मंत्री अरुण जेटली वीडियो कॉन्फ्रसिंग के जरिए परिषद की चौंतसवीं बैठक की अव्यक्षता करेंगे बैठक में अचल संपदा क्षेत्र के लिए जी एस टी दरों में कमी को लागू करने सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा होने की संभावना है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत और गिनी को आपसी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रयास जारी रखने चाहिए कल राष्ट्रपति भवन में गिनी के प्रधानमंत्री डॉक्टर इब्राहिमा कसोरी फोफानाका स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि दो हजार सत्रह अट्ठारह में दोनों देशों का व्यापार नब्बे करोड़ डॉलर तक पहुंच गया था जो कि उसके पिछले वर्ष की तुलना में चालीस प्रतिशत अधिक है श्री कोविंद ने कहा कि हाल की शीर्ष स्तर की यात्राओं से भारत और गिनी के संबंधों में और प्रगाढ़ता आयी है

उन्होंने मालदीव के गृहमंत्री और अदालथ पार्टी के नेता शेख इमरान अब्दल्ला के साथ भी बैठक की श्रीमती स्वराज ने मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद से भेंट की और संयुक्त मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया दोनों देशों के संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि राजनयिक और सरकारी पासपोर्टधारियों के लिए वीजा की सुक्धिा विकास कार्यो में सहयोग और नवीकरणीय ऊर्जाके बारे में तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए

अधिसूचना जारी होने के साथ ही नगीना अमरोहा बुलन्दशहर अलीगढ़ हाथरस मथुरा आगरा फतेहपुर सीकरी में आज से नामांकन प्रकिया शुरू हो जायेगी दूसरे चरण के मतदान के लिए छबीस मार्च तक नामांकन दाखिल किये जा सकेंगे और उनकी जांच सत्ताईस मार्च को होगी उत्तीस मार्च तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे इस चरण में प्रदेश की नगीना ब्लंदशहर हाथरस और आगरा सुरक्षित सीटें हैं दूसरे चरण में प्रदेश के आठ निर्वाचन क्षेत्रों में एक करोड़ चालीस लाख मतदाता हैं जिनर्मे पचहत्तर लाख तिरासी हजार पुरूष चौसठ लाख बान्नवे हजार महिला और आठ सौ अठहत्तर थर्ड जेंडर मतदाता हैं इन क्षेत्रों में कुल आठ हजार सात सौ इक्यावन मतदान केन्द्र और सोलह हजार एक सौ बासठ मतदेय स्थल हैं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 कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कल प्रयागराज से अपने तीन दिवसीय चुनाव प्रचार अभियान की शुरूआत की उन्होंने जल मार्ग से प्रयागराज जिले के मनइया गांव से यात्रा शुरू की इस दौरान उन्होंने छात्र प्रतिनिधियों के संग वोट पर चर्चा की और गंगा के किनारे रहने वाले समुदाय के लोगों से बातचीत कीं अपनी यात्रा के दौरान प्रियंका गांधी ने संगम किनारे स्थित लेटे हनुमान मन्दिर में पूजा अर्चना भी की कांग्रेस ने प्रियंका गांधी के चुनावी अभियान को सच्ची बात प्रियंका के साथ नाम दिया है निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में प्रचार सामग्रियों को हटाने के लिए चलाये जा रहे अभियान के तहत अब तक कुल अट्ठारह लाख छाछठ हजार छह सौ सत्तर वॉल राइटिंग पोस्टर्स और बैनर्स सार्वजनिक और निजी स्थानों से हटा दिये गये हैं या ढक दिये गये हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकेटेश्वर लू ने कल लखनऊ में यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में आयकर पुलिस आबकारी और नार्कोटिक्स विभाग द्वारा की गई कार्रवाई में अब तक चार करोड़ उन्यासी लाख अट्ठासी हजार छह सौ बाइस रूपये जब्त किये गये हैं इसी तरह से बारह करोड़ सड़सठ लाख रूपये कीमत की तीन लाख छियासी हजार लीटर से अधिक की शराब जब्त की गयी मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कानून व्यवस्था के तहत अब तक दो लाख अट्ठारह हजार से अधिक लाईसेंसी शस्त्र जमा कराये गये हैं और एक सौ छियासी लोगों के शस्त्र लाईसेंस निरस्त किये गये हैं उन्होंने बताया कि निरोधात्मक कार्रवाई के तहत सात लाख लोगों को पावंद किया गया है और सात हजार बान्नबे लोगों पर गैर जमानती वारंट तामील कराया गया है मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में अब तक तीन हजार एक सौ छियालीस किलोग्राम विस्फोटक सामग्री बरामद की गयी है बहजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने कांग्रेस से कहा है कि वह उत्तर प्रदेश में उन सात लोकसभा सीटों के बारे में गलतफहमी पैदा न करें जिन्हें उसने बसप सपा और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के लिए छोड़ा है एक प्रेस विज्ञप्ति में बसपा प्रमुख ने अपनी पार्टी का यह निर्णय दोहराया कि वह उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं कर रही है सुश्री मायावती ने कहा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सभी अस्सी सीटों के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करने को स्वतंत्र है समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से मुकबला करने में सक्षम है कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेश में सपा रालोद और बसपा के गठबंधन के खिलाफ सात सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारने का फैसला किया है बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में होली मनाने की एक अपनी अलग परंपरा निभाई गई यूं तो फाल्गुन शक्ल एकादशी यानी रंगभरी एकादशी से ही रंगोत्सव का पर्व होली की काशी शुरुआत हो जाती है जिसमें मंदिर से लेकर सड़कों तक और घरों से लेकर अब श्मशान तक अबीर ग्लाल उड़ने शरू हो गये हैं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रंगभरी एकादशी पर बाबा के गौने में शामिल न होने वाले औघड़ भूत पिशाच के साथ दूसरे दिन देवाधिदेव महादेव ने जलती चिताओं के बीच होली खेली थी देशी विदेशी पर्यटकों के लिए यह दृश्य अभिभूत करने वाला रहा लोग डमरुओं की गूंज और हर हर महादेव के नारे के साथ एक दूसरे को चिता भस्म लगाते रहे दोपहर में इक्यावन वाद्ययंत्रों के ध्वनि बीच महाश्मशान मणिकर्णिका घाट पर भक्तो ने बाबा मशान नाथ को विधिवत भस्म अबीर गुलाल और रंग लगाकर डमरुओं की गूंज के बीच भव्य आरती की